बिहार में चौरासी लाख से अधिक कामगारों को योजना से होगा लाभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधी नगर में श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई थी

जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उनमें साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रूपए की नियमित मासिक पेंशन तय है मतलब साल भर में करीब करीब चालीस हजार प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल और बीमा संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाने के प्रति वचनबद्ध है जबकि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा इस सरकार को हटाने का है समारोह में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किए इधर इस अवसर पर पटना में आयोजित समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बिहार के चौरासी लाख बयालीस हजार से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा वहीं बक्सर में आयोजित समारोह में केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि पहलीबार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इतनी बड़ी योजना की शुरूआत हुई है इस अवसर पर उन्होंने कई लाभार्थियों के बीच पेंशन कार्ड का भी वितरण किया जिला मुख्यालयों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों के बीच पेंशन कार्ड वितरित किए गए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सुरक्षाबलों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है नई दिल्ली में श्री प्रसाद ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हुए आतंकी हमले को दुर्घटना बताने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कड़ी आलोचना की बाईट रविशंकर प्रसाद पुलवामा की दुर्घटना के बाद हमारी सेना द्वारा की गई एयरस्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है जिससे हमारे भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है ये सनाम धन दिग्विजिय सिंह पुलवामा की निशंस्य हत्या आतंकवादियों के द्वारा सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं कि जवानों की शहादत के साथ इतना क्रूर मजाक न करें इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के ऐसे बयानों को पाकिस्तान हथियार बना रहा है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में जल्द ही पुरानी व्यवस्था लागू की जायेगी आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में तेरह अंकों वाली रोस्टर प्रणाली के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका के खारिज होने के बाद सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश लाने का फैसला किया है

जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात को बाधित किया पटना उच्च न्यायालय ने दारोगा भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा लिया है मुख्य न्यायाधीश एपीशाही की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया साथ ही पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दारोगा नियुक्ति के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में त्रुटियों को सुधारते हुए नये सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया था और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी राज्य सरकार ने सरकारीकर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है इस बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत से बढ़कर बारह प्रतिशत हो गया है बढ़ी दरें एक जनवरी दो हजार उन्नीस से प्रभावी होंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री राठौड़ ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का सैनिक है और उन्हें सोशल मीडिया का बड़ी सतर्कता से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यह सबसे तेज खबरें देने वाला मीडिया है श्री राठौड़ ने कहा कि एफएम रेडियो की लोकप्रियता वर्तमान समय में काफी बढ़ी है

अगर आप ध्यान दें तो खबरें भी आजकल लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मेरे आसपास के क्षेत्र की खबर क्या है

चूनाव आयोग ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जतायी है कि उसके निर्देश के बावजूद तीन वर्षों से एक ही स्थान पर जमे पुलिस पदाधिकारियों का अब तक तबादला नहीं हुआ है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीस फरवरी तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग कर लेने का आदेश जारी किया था मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है मामले में छह लोगों प्रूर्षोत्तम लाल रजक इमरान आलम नियाज़ुल रहमान शमशेर आलम और रिजवान बेगम को आरोपी बनाया गया है ये सभी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड स्थित ध्यान चक्की गांव जाकर सीआरपीएफ के शहीद अधिकारी पिन्टू कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी श्री मोदी ने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पटना जिले के नौबतपुर से प्रदेश भर में एक हजार चार सौ पंचायत कृषि कार्यालयों का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के बन जाने से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने पंचायत से बाहर नहीं जाना होगा

वहीं शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापामारी कर पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के बहेरी थाना क्षेत्र के सनखेहरा गांव स्थित एक ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की सात हजार लीटर शराब बरामद की है मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है दूसरी तरफ खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के बबूरबन्नी गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है राज्यसभा सांसद ठामनाथ ठाकूर ने आज समस्तीपूर में दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार का शिलान्यास किया सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने आज रून्नी सैदपुर प्रखंड के एक सौ छियासी भूमिहीनों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण किया

बिहार में चौरासी लाख से अधिक कामगारों को योजना से होगा लाभ